उन्होंने कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं और विकास के मार्ग में अवरोध पैदा करना चाहते हैं वे कमी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए बैक दू विलेज यानी वापस गांव की ओर कार्यक्रम की सफलता का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ये साबित करती है कि विकास की शक्ति बम और बन्दुक की ताकत से कही अधिक होती है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा में पिछले चार वर्षो की तुलना में चार गुना अधिक श्रद्वालु शामिल हुए हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी की भी प्रशंसा की प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष दो हजार उन्नीस को अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए अत्यंत फलदायी बताया उन्होंने आशा व्यक्त की कि चंद्रयान मिशन विज्ञान और नवाचार में युवाओं को प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब उत्सुकता पूर्वक सितंबर माह की प्रतीक्षा कर रहा है जब लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरेगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इस वर्ष मार्च के महीने में ए सैट का प्रक्षेपण किया था इसके जरिए देश ने केवल तीन मिनट में तीन सौ किलोमीटर दूर उपग्रह को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का चौथा देश हो गया है देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति की चर्चा करते हए प्रधानमंत्री ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी राहत और मदद के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण का जो आह्वान किया था उसका भारी स्वागत हुआ है उन्होंने कहा कि लोगों ने पारंपरिक तरीको से जल संरक्षण की जानकारी साझा की है और मीडिया ने भी कुछ अभिनव प्रयोगो को लोगों के सामने पेश किया है ग्रामीणों ने श्रम दान करके पहाड़ से बहते झरने कोएक निश्चित दिशा देने का काम किया वो भी शुद्व देसी तरीका इससे ना केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है ग्रामीणों का ये श्रम दान अब पूरे गाँव के लिए जीवन दान से कम नहीं है प्रधानमंत्री ने सरकार और गैर सरकारी संगठनों के जल संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले शुरू किया गया स्वच्छता अभियान अब तेजी पकड़ चुका है ये कार्यक्रम अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने नरेन्द्र मोदी एप पर पुस्तकों के बारे में एक स्थायी बुक कॉर्नर निर्धारित करने का विचार रखा ताकि लोग पढ़ी हुई पुस्तकों के बारे में चर्चा कर सकें केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम लोगों के दिल को छू रहा है उन्होंने आज पुणे में आकाशवाणी से बातचीत में कहा क्योंकि अब ये एक भी हर महीने का त्यौहार बना है ये दिल की बात है ये घर की बात है और इसमें इन्होंने किताबें पढ़ने के बारे में जल संरक्षण के बारे में जल संचय जल सिंचन जल की बचत एक बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कैंसर से लड़कर वो जीते हैं मन में अगर जिद्द है तो कुछ भी कर सकते हैं तो वो खिलाड़ी भी कैसे बने हैं खिलाड़ी ये बात बताई केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किये गये दूसरे ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह में हिस्सा लिया वहां उन्होंने पैंसठ हजार करोड़ रूपये से अधिक की दो सौ बानबे औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले की सरकारों के समय राजनीतिक स्थिति अच्छी नही थी इसका कारण यह था कि उन सरकारों के नेता राजनीति के लिये सेवा कर रहे थे जबकि योगी सरकार ने जनता की सेवा का मूल मंत्र दिया है और यही प्रदेश के विकास का मूल मंत्र बना है उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश के विकास के लिये वर्तमान प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार भी कटिबद्द है इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री और गण्यमान्य लोग मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इसे रोकने के लिये कानून बना रही है लोकसभा में यह विधेयक पास हो चुका है और राज्यसभा में भी इसे पास कराया जायेगा श्री नकवी आज रामपुर में भाजपा के सदस्यता अभियान में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी वर्गों का पूरा ख्याल रख रही है अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिये भी काम कर रही है